प्रधानमंत्री मैं भी चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के पांच सौ स्थानों पर भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान के समर्थकों के साथ सीधा संवाद किया उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और किसी को भी सार्वजनिक धन का दुरूपयोग नहीं करने देंगे उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में लोगों ने उन पर भरोसा किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरे बहमत के साथ राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया श्री मोदी ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से उन्होंने भ्रष्ट्राचार से देश के धन की रक्षा करने के हर संभव प्रयास किये हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षो में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान लोगों के समर्थन से जन आंदोलन का रूप ले चुका है देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट में हवाई हमले को सैनिकों ने अंजाम दिया और वे इसके लिए सशस्त्र सेनाओं को पूरा श्रेय देते हैं वहीं इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भाजपा के उनतीस संगठन जिलों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सांसद विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए

यात्रा में निकलने से पहले न्याय रथ की दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की गई उसके बाद रथ किरन्दुल पहुंचा जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया न्याय रथ ग्यारह लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की शुरूआत की है तय कार्यक्रम के मुताबिक यह यात्रा जगदलपुर कोण्डागांव कांकेर धमतरी कुरुद अभनपुर महासमुंद होते हुए पांच अप्रैल तक सराईपाली पहुंचेगी

इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के बागमोहलई गांव पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा इससे पहले श्री बघेल बघेल ने गरियाबंद के देवभोग में भी एक चुनावी सभा ली और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया सुब्रत साहू ईव्हीएम छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता उन्होंने बताया कि ईव्हीएम हैक करने संबंधी बयान और तथ्य महज अफवाह हैं रायपुर के निर्वाचन कार्यालय में अध्ययन भ्रमण पर आए इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ईव्हीएम हैक करने वालों के लिए दस लाख रूपए इनाम की घोषणा भी की है लेकिन अभी तक किसी ने ईव्हीएम हैक करके नहीं दिखाया है श्री साहू ने बताया कि ईव्हीएम या किसी भी डिवाईस को हैक करने के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत होती है जो ईव्हीएम में नहीं हैं श्री साहू ने विद्यार्थियों को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलायी विद्यार्थियों ने मतदान बंधन बांधकर वचन लिया कि वे न केवल खुद मतदान करेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे बातों बातों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र पर सी विजिल एप के बारे में जानकारी देंगे आकाशवाणी रायपुर से इस संबंध में उनकी भेंट वार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू आकाशवाणी रायपुर के समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत समाचार संपादक विकल्प शुक्ला से चर्चा करेंगे इस दौरान वे सी विजिल एप के उपयोग इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत और उन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी देंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी के तहत रायपुर जिले में मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान शुरू किया गया है स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि कल एक अप्रैल को शाम पांच बजे महिला और बाल विकास विभाग की पांच सौ से अधिक महिलाओं द्वारा रायपुर के इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि एक अप्रैल को सुभाष स्टेडियम में मोर रायपुर वोट रायपुर क्रिकेट टूर्नामेंट के फायनल मैच के दौरान भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहीं पांच से बीस अप्रैल तक रोजाना बाईक रैली के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा इसी तरह सात अप्रैल को महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा ग्यारह अप्रैल को स्वीप गरबा सोलह अप्रैल को स्वीप सलाद और मिठास प्रतियोगिता और बीस अप्रैल को स्वीप संध्या के नाम से एक भव्य आयोजन किया जाएगा वहीं दुर्ग में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए दिव्यांगजनों ने आज एक रैली निकाली इस मौके पर दिव्यांग एथलेटिक्स एसोसिएशन और दिव्यांग क्रिकेट एसोएिसशन के सदस्य भी मौजूद थे कार्यक्रम में कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान केन्द्रों में विशेष सुविधा मुहैया कराई है दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेललिपि की व्यवस्था भी रहेगी इस दौरान प्रयास मूकबधिर स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने मतदान जागरूकता विषय पर बनाई अपनी पेंटिग का प्रदर्शन भी किया निर्वाचन शराब जब्त प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निगरानी दलों द्वारा अवैध गतिविधियों और परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है इस सिलसिले में बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आबकारी विभाग ने एक सौ पचास लीटर अवैध शराब और नौ हजार किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है अवैध शराब पैकिंग करने के साजो सामान सहित बड़ी मात्रा में पाउच और पॉलीथिन में भरी शराब भी बरामद की है आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले की सरहद से लगे महानदी और जोंक नदी की सीमा पर की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है बजट सत्र में खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने खैरागढ़ वनमंडल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वन मंडल में अवैध कटाई और अवैध उत्खनन का मामला उठाया था इसके जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने जांच कराए जाने की घोषणा की थी जिसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है बैंक आयकर प्रदेश में वित्तीय साल के आखिरी दिन आज रविवार को आयकर विभाग और सेंट्रल जीएसटी के कार्यालयों के अलावा बैंकों में भी सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुआ वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आज आखिरी तारीख होने के कारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देशभर के सभी आयकर कार्यालयों को रविवार को भी कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए थे वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर सरकारी कामकाज करने वाले सभी बैंकों की शाखाएं आज खुली रही केंद्र ने सभी वेतन और लेखा अधिकारियों को भी आज अपने कार्यालय खुले रखने की सलाह दी थी ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान का काम किया जा सके मौसम प्रदेश में आज अचानक मौसम बदला और कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई राजधानी रायपुर में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली हालांकि प्रदेश में दुर्ग रायपुर सरगुजा और बस्तर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहे प्रदेश में सबसे अधिक तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस बिलासपुर और राजनांदगांव में दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदला है इसके असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पन्द्रह अप्रैल कर दी गई है दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान भांसी थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर एक महिला सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है